योजना के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की गड़बड़ी या कोताही पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी

इसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के राशनकार्ड धारकों को अन्य राज्यों में और अन्य राज्यों के राशनकार्ड धारकों को राज्य में लाभ मिलेगा

सहकारिता एवं द्ग्ध विकास मंत्री डॉधन सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखण्ड देश का पहला राज्य है जहां म्ख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की श्रू त हई है उन्होंने बताया कि द्वधारू पश्ओं का बीमा पश्धन बीमा योजना में किया जाएगा

उन्होंने बताया कि डेरी के क्षेत्र में स्वरोजगार की अपार संभावनाएं हैं

उन्होंने कहा कि अगले दो महिने में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में पश् मेले लगाये जायेंगे

मुख्य सचिव ने महाराष्ट्र हरियाणा में जहां यह योजना पूर्व से चल रही है के अनुभवों का भी लाभ प्रदेश की स्वामित्व योजना में शामिल करने के निर्देश दिए बैठक में बताया गया कि योजना के अंतर्गत राज्य और जिला स्तर पर गठित की जाने वाली समितियों और अन्श्रवण समितियों का गठन किया जा च्का है बैठक में बताया गया कि शासन स्तर से केन्द्र सरकार के निर्देशों के तहत योजना के प्रथम चरण में चिन्हित जिलों पौड़ी गढ़वाल अल्मोड़ा और ऊधमसिंहनगर में पांच पांच ग्रामों के क्लस्टरों में ड्रोन सर्वे के बाद अधिसूचना जारी की जा च्की है

ऐसे में ऊधमसिंह नगर जिले में भी उद्योगों की केंद्र की नई नीति के अनुसार अपडेट की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक चंचल सिंह बोहरा ने बताया कि सरकार ने एमएसएमई के तहत निवेश और टर्नओवर की लिमिट बढ़ाकर लोगों के व्यवसाय करने का दायरा बढ़ा दिया है उन्होंने बताया की सरकार की नई नीति के तहत जिले में स्थापित उद्यमों का सत्यापन शुरू कर दिया गया है

स्थिति काफी कुछ नियंत्रण में होने पर भी हम पूरी तरह सतर्क हैं उन्होंने बताया कि राज्य में कोविड के दृष्टिगत हैल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर को काफी मजबूत किया गया है

नगर पालिका के स्परवाइजर पप्पू गुणवंत ने बताया कि पूरी गहनता से घर घर जाकर लोगों की जांच की जा रही है फिलहाल इस क्षेत्र से कोई मामला सामने नहीं थ या है

इस अवसर पर म्ख्यमंत्री ने कहा कि इस मौसम में प्रदेश में दो करोड़ पौधे लगाये जायेंगे

मुख्यमंत्री ने कहा कि वृक्षारोपण के साथ ही पेड़ पौधों के संरक्षण पर भी विशेषरूप से ध्यान देना होगा इसके साथ ही चन्द्रबनी में वन विभाग द्वारा एक पार्क भी विकसित किया जायेगा